एक दिन प्रावइट मैम्बर डे के लिए रखा गया है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी दिवंगत सदस्यों को श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि मॉनसून और शीतकालीन सत्र के बीच की छोटी सी अवधि के दौरान चार पूर्व विधानसभा सदस्यों का निधन हिमाचल के लिए बड़ी क्षति है उन्होंने कहा कि जयकृष्ण का विधानसभा के अंदर और बाहर बहुत योगदान रहा है और भाजपा को उनके जाने से नुकसान हुआ है मुख्यमंत्री ने कहा कि जयकृष्ण प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते थे और तर्क के साथ बात करते थे जयराम ठाकुर ने कहा कि वे चुनाव हारने के बावजूद संगठन व पार्टी की सेवा में लग रहे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी शोकोदगार में शामिल होकर सभी चारों सदस्यों को कांग्रेस की तरफ से श्रद्दांजलि दी उन्होंने जयकृष्ण के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा हरोली के विकास में सहयोग किया अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली में प्रदेश के सबसे लम्बे पुल की कल्पना भी उन्हीं की है उन्होंने कहा कि सभी चारों सदस्यों की सेवाओं को सदन हमेशा याद रखेगा विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी खुद को शोकोदगार में शामिल करते हुए सभी चारों दिवंगत विधायकों के निधन पर दुख जताया और उनके योगदान को याद किया शोकोदगार में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी विधायक विक्रम सिंह जरयाल राकेश पठानिया रीता देवी और राकेश सिंघा ने भी हिस्सा लिया बिंदल बैठक इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज धर्मशाला में सत्र शुरू होने से पहले एक बैठक में सत्तापक्ष और विपक्ष से सदन के संचालन में रचनात्मक सहयोग का आग्रह किया बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री व संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज मौजूद रहे राजीव बिंदल ने दोनों पक्षों से सत्र का सदुपोग जनहित से जुड़े मुद्दों के लिए सुनिश्चित करने का अनुरोध किया उन्होंने कहा कि सदन ही एक ऐसा उत्तम स्थान है जहां सदस्य जनहित से जुडे मुद्दों को उठाकर चर्चा के माध्यम से उनका समाधान निकाल सकते हैं वॉकआउट विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि इन्वेस्टर्स मीट प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला साबित होने वाला है

अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार हिमाचल को बेचने की तैयारी में है और असफर हिमाचल को लुटाने की फिराक में हैं इस पर सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच तीखी नोक झोंक भी हुई और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए संदन से वॉकआउट कर दिया मुख्यमंत्री विपक्ष द्वारा सदन से वाकआउट करने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि सरकार इनवेस्टर मीट को लेकर चर्चा के लिए तैयार है उन्होंने कहा कि नियम के तहत चर्चा में विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा जयराम ठाक्र ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश का विकास करने में असफल रही है इसलिए सरकार के कार्यो में रोड़ा अटका रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार इनवेस्टर्स मीट जैसा सफल आयोजन हुआ है जिसे कांग्रेस पचा नहीं पा रही है

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कामों में विपक्ष को सहयोग करना चाहिए वक्तव्य हिमाचल में विधानसभा सत्र के दौरान सदस्यों को खाने पर मिलने वाले अनुदान को खत्म करने का निर्णय लिया गया है ये वक्तव्य मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज धर्मशाला में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में दिया उन्होंने बताया कि बजट सत्र से ये अनुदान बन्द हो जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के साथ इस बारे में चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है उन्होंने कहा कि संसद में भी सांसदों को दिए जाने वाले भोजन से सब्सिडी समाप्त कर दी गई है ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने इसका समर्थन करते हुए मांग उठाई कि जो पिछले सत्र में विधायकों का भत्ता बढ़ा है वह भी वापिस लिया जाए

शिक्षामंत्री ने कहा कि अभी तक इस संबंध में एक ही शिकायत प्राप्त हुई शिक्षामंत्री ने कहा कि वर्दी खरीद प्रक्रिया में खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से बाकायदा टेंडर करने के बाद प्रयोगशाला में जांच कर ही वर्दी बांटी गई हैं